मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल दो दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगे राजनीतिक दलों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विलोपन अथवा संशोधन के साथ ही दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की कल अंतिम तिथि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में अधिक से अधिक संख्या में जनऔषधी केन्द्र शुरू करने पर जोर दिया है ताकि जरूरतमंदों को कम कीमत पर जीवन रक्षक दवाईयां मिल सकें प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में यह बात कही इस बैठक के माध्यम से उन्होंने आयकर रेलवे सड़क परिवहन और राजमार्ग पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस और जनऔषद मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रगति की जानकारी ली और इन कार्यो में आ रही रूकावटों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली और पायलेट प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए भाजपा बैठक प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने आज रायपुर में पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पार्टी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उपस्थित थे इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रायपुर आगमन और अगले महीने शुरू हो रही मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के दूसरे चरण पर भी चर्चा हुई भाजपा प्रेशर क्कर राज्य की भाजपा सरकार आने वाले समय में आदिवासी बहुल इलाकों में प्रेशर कुकर बांटने की तैयारी कर रही है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस बात के संकेत दिए हैं उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सरगुजा जशपुर और बस्तर के आदिवासियों को मिलेगा ओपी चौधरी रायपुर कलेक्टर का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले ओपी चौधरी का आज राजधानी रायपुर पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया श्री चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली है बाद में पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि वे राजनीति में जन सेवा के उद्देश्य से आए हैं उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी देश को आगे ले जा सकती है तो वह भाजपा ही है

उन्होंने आज बिलासपुर में विजन छत्तीसगढ़ के तहत युवाओं विशेषकर कॉलेज के विद्यार्थियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की वे कल रायपुर में युवाओं से संवाद करेंगी आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी नब्बे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी

इस दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के दो प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त किया है हमारे संवाददाता के अनुसार ये माओवादी कैंप गंगालूर थाना क्षेत्र के तेददापाल के पहाड़ी जंगल और मिरत्र थाना क्षेत्र के बेच्चापाल जंगल में चल रहे थे पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हए बताया कि मुठभेड़ के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी की लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद वे भाग खड़े हए वहीं राजनांदगांव जिले के औंधी थाना क्षेत्र के शारदा गांव में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी है इस बीच दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने बीती रात रेल पटरी उखाड़ दी जिसके कारण भांसी बचेली के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे का अमला और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू कर दिया घटना स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है

वे राजधानी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेंगे उसके बाद वे मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक संभाग आयुक्त के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक और कलेक्टर तथा जिला निर्वोचन अधिकार्री सहित पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक लेंगे इस दौरान वे चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत के साथ दोनों आयुक्त उमेश सिन्हा और सुनील अरोरा भी मौजूद रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कल रायपुर में विभागीय बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रदेश में इस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है इसके तहत दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की कल अंतिम तिथि है इसी पुनरीक्षण के आधार पर आगामी सत्ताईस सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसव राजू ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विलोपन अथवा संशोधन के लिए सभी मतदान केन्द्रों में बूथ लेबल अधिकारियों के पास निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए हैं इसके अलावा मतदाता ऑनलाइन भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं दुर्घटना बलरामपुर और सरगुजा जिले की सीमा पर अंबिकापुर के पास आज एक बस और ट्रक के बीच हई टक्कर में चार यात्रियों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है यह हादसा आज सुबह करीब पांच बजे उस वक्त हुआ जब बिहार के गया से अंबिकापुर आ रही यात्री बस बरियो के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बेस के सामने का हिस्सा ट्रक में जा घुसा जिसके बाद पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक और बस को अलग कराया तब जाकर शयों और घायलों को निकाला जा सका सभी घायलों को इलाज के लिए अंबिकापूर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है वन विभाग कार्रवाई वाईल्ड लाइफ क्राईम ब्यूरो और वन विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर के गोलबाजार की दो दुकानों में दबिश देकर बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों और समुद्री जीवों के अवशेष जब्त किए हैं इस मामले में वन विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है जब्त किए गए जानवरों के अवशेषों की कीमत आठ से दस करोड़ रुपये बताई जा रही है वाईल्ड लाइफ क्राईम ब्यूरो को सूचना मिली थी कि रायपुर की कुछ दुकानों में वन्य प्राणियों और समुद्री जीवों के अंग बेचे जा रहे हैं इस आधार पर ब्यूरो की एक टीम रायपुर पहुंची और वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया इसके बाद इन दुकानों में छापामार कार्रवाई की गई

लोक शिक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है इस दौरान राज्यपाल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करते हैं इस साल सैंतीस शिक्षकों का चयन इस सम्मान के लिए किया गया है वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह के लिए सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं

वे एक सितंबर को राजीव भवन में प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक लेंगे

इसमें प्रदेश के सभी जिलों के युवा भाग ले सकते हैं इस भर्ती रैली में वायु सेना सुरक्षा के पदों पर भर्ती की जाएगी दुर्ग जिले के सुपेला इलाके में आज डेंगू पीड़ित एक छात्रा की मौत हो गई जानकारी के अनुसार खुर्सीपार छावनी सुपेला क्षेत्र के करीब चार सौ लोग डेंगू से पीड़ित हैं